प्रधानमंत्री ने कल शाम नोवल कोरोना वायरस पर नियंत्रण के लिए उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की इसमें जांच स्विधाओं को और बढ़ाने के साथ ही भारत की तैयारियों को और मजबूत करने के उपायों पर चर्चा गई प्रधानमंत्री मोदी ने नोवल कोरोना वायरस के खतरे से निपटने के लिए कार्य प्रणाली तैयार करने में लोगों स्थानीय सम्दायों और संगठनों को सक्रिय रूप से शामिल करने पर जोर दिया है उन्होंने अधिकारियों और तकनीकी विशेषजों से भी आग्रह किया कि वे भावी उपायों पर विचार विमर्श करें

इस बीच भारत ने रविवार से एक सप्ताह के लिए सभी अंतर्राष्ट्रीय वाणिज्यिक यात्री उड़ानों के प्रवेश पर रोक लगा दी है

इनमें जनप्रतिनिधि सरकारी कर्मचारी और चिकित्सा पेशेवर शामिल नहीं हैं

रेलगाडियों और विमानों में विदयार्थियों रोगियों और दिव्यांगों को छोड़कर अन्य सभी की यात्रा किराया छूट निलंबित कर दी जाएगी राज्यों से अन्रोध किया जा रहा है कि वे आपात या आवश्यक सेवाओं में लगे कर्मचारियों को छोड़कर निजी क्षेत्र के शेष कर्मियों को घर से काम करने को कहें केंद्र सरकार के ग्र्ब बी और सी के कर्मचारियों से एक सप्ताह छोड़कर कार्यालय आने को कहा जाएगा

जिसके अनुसार पचास प्रतिशत कर्मचारियों को घर से ही काम करने की सलाह दी गई है डी ओ पी टी ने विभागाध्यक्षों से साप्ताहिक ङ्यूटी चार्ट बनाकर ग्रू सी और ग्रूप डी के कर्मचारियों को बारी बारी से काम पर बुलाने के निर्देश दिए है साथ ही सभी विभागीय प्रमुखों से कार्यालय में कर्मचारियों के आनेजाने का समय अलग अलग निर्धारित करने को कहा है

इनमें विश्वविद्यालय की परीक्षाएं भी शामिल हैं मंत्रालय की प्रेस विज्ञप्ति में बताया गया है कि विभिन्न परीक्षाओं में भाग लेने वाले विद्यार्थियों शिक्षकों और अभिभावकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए यह कदम उठाए गए हैं

मंत्रालय ने मुख्य संयुक्त प्रवेश परीक्षा जेईई की तारीखों में भी परिवर्तन का निर्देश दिया है ताकि ये परीक्षाएं सीबीएसई तथा अन्य बोर्ड परीक्षाओं के दिन ही न आयोजित की जाएं जेईई मुख्य परीक्षा की तारीख स्थिति के आकलन के बाद तय की जाएगी मंत्रालय ने सभी शैक्षिक संस्थानों और परीक्षा बोर्डों से अन्रोध किया है कि इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों से निरन्तर छात्रों अभिभावकों और शिक्षकों के सम्पर्क में रहकर उन्हें सभी सूचनाएं देते रहें ताकि परीक्षा को लेकर किसी प्रकार की चिंता न रहे केन्द्रीय मानव संसाधन मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने विद्यार्थियों शिक्षकों और अभिभावकों से अपील की है कि घबराने की कोई बात नहीं है और मंत्रालय छात्रों की सुरक्षा सुनिश्चित करने तथा अकादमिक गतिविधियां समयबद्ध रूप से संचालित करने के लिए प्रतिबद्ध है

इधर साप्ताहिक बाजारों को बंद रखने के सरकार के निर्देश का पालन करते हुए दोईमुख में प्रत्येक सप्ताह गुरुवार को लगने वाला वीक्ली मार्केट आज बंद रहा

राज्य के मुख्य सचिव एम एस राव ने आकाशवाणी को बताया कि सभी पर्यटन स्थलों को बंद करना इस वायरस को फैलने से रोकने का प्रमुख उपाय है